भाखड़ा विस्थापित चर्चा प्रदेश विधानसभा के शिमला में चल रहे बजट सत्र के आज तीसरे दिन भाखड़ा बांध विस्थापितों के मुददे पर सता पक्ष और कांग्रेस के बीच तीखी नोकझोंक हुई गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस होने के चलते कांग्रेस के ठाक्र रामलाल ने भाखड़ा बांध विस्थापितों द्वारा जहां जहां जमीन पर कब्जे किए हैं उन्हें यथावत नियमित करने के लिए नीति बनाने संबंधी एक संकल्प प्रस्तुत किया जिसे सदन में चर्चा के बाद ध्वनिमत से खारिज कर दिया गया इससे क्षुब्य कांग्रेस सदस्यों ने सदन में शोर शराबा किया और कुछ देर के लिए सदन से बाहर भी चले गए मगर फिर लौट आए संकल्प के जवाब में सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि सारा मामला अदालत के विचाराधीन है और ऐसे में इस पर कुछ नहीं किया जा सकता इससे पहले ठाकुर रामलाल ने कहा भाखड़ा बांध में जमीन समाहित होने के बाद लोगों ने विभिन्न स्थानों पर जरूरत के मुताबिक ही अतिक्रमण किया जिसके लिए अब उन्हें रोजाना नोटिस आ रहे हैं उन्होंने कहा कि मानवीय पहलू को देखते हुए सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और पीड़ितों के लिए एक नीति बनाए ताकि उनका दर्द कम हो सके

कांग्रेस के वीरभद्र सिंह ने कहा कि विस्थापितों को बसाने के लिए गंभीर प्रयासों की जरूरत है और एक ऐसी नीति बनाई जाएं जिसमें जो जहां बस गए हैं उन्हें वहीं जमीन मिले भाजपा के सुभाष ठाकुर ने भी विस्थापितों के लिए स्थायी नीति की वकालत की और कहा कि देश व प्रदेश की खुशहाली के लिए ही लोगों ने अपनी जमीने दी हैं कांग्रेस के लखविंदर राणा ने पुर्नवास की जरूरत बताई माकपा के राकेश सिंघा ने कहा कि ये मामला राजनीति का नहीं है बल्कि सही पीड़ा पर मरहम लगाने का है उन्होंने मुख्यमंत्री से मामले में हस्तक्षेप कर विस्थापितों के हितों की रक्षा की मांग की

भाजपा के इंद्र सिंह ने मनरेगा के तहत रखवाला रखने और लोगों को बंदरों को खाद्य वस्तुएं न देने पर जागरूक करने का सुझाव दिया कांग्रेस के ठाकुर सुखविंदर सिंह ने बंदरों के आतंक से निजात दिलाने के साथ साथ प्रभावितों को मुआवजा देने की बात कही भाजपा के नरेंद्र ठाकूर कांग्रेस के जगत सिंह नेगी भाजपा के सुरेश कश्यप कांग्रेस के राजेंद्र राणा और भाजपा के विक्रम जरयाल ने भी चर्चा में हिस्सा लिया सर्वदलीय बैठक इससे पहले सदन की कार्यवाही पिछले दो दिनों की अपेक्षा आज खूशगवार माहौल में शुरू हुई

इसमें उन्होंने सत्ता पक्ष व विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग देने का आग्रह किया राजीव बिंदल ने कहा कि सदन के समय का सदुपयोग जनहित में किया जाए जिस पर दोनों पक्षों ने सहमति जताई प्रश्नकाल विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि प्रदेश में मौजूद पर्यटन की अपार संभावनाओं का दोहन करने में निजी क्षेत्र की मदद ली जाएगी कांग्रेस के मोहन लाल ब्राक्टा के सवाल पर उन्होंने कहा कि पर्यटन राज्य सरकार का प्राथमिकता का क्षेत्र है और हिमाचल को द्रनिया में अलग पहचान दिलाएंगे उन्होंने कहा कि सरकार के पास संसाधनों की कमी है और जो लोग इस क्षेत्र में निवेश करना चाहेंगे उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा साथ ही मौजूदा क्षेत्रों से हटकर नए पर्यटन क्षेत्र विकसित किए जाएंगे

उन्होंने कहा कि पौधरोपण को लेकर सरकार ने विशेष योजना तैयार की है और इस क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों को पुरस्कृत किया जाएगा गोबिंद सिंह ठाकुर ने कहा कि वन आवरण बढ़ाना और गुणवत्ता युक्त नर्सरियां तैयार करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा

भाजपा के राकेश पठानिया ने कहा कि विस्थापितों की दशा बेहद खराब है और उनसे प्लाट जबरन खाली करवाये जा रहे हैं जिस पर जयराम ठाकुर ने फिर कहा कि जो पहले हुआ वह अब नहीं होने दिया जाएगा

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा में आज प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण में ये जानकारी दी

राज्य की विकास दर पिछले तीन वर्षो में राष्ट्रीय विकास दर से कम है नामांकन राज्यसमा के लिए प्रदेश से रिक्त हो रही एक मात्र सीट के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने शिमला स्थित विधानसभा परिसर में चुनाव अधिकारी जीसी नेगी के समक्ष आज अपना नामांकन दाखिल किया मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल व भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती और शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज समेत कई विधायक भी इस मौके मौजूद रहे

राज्यसमा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के मौके शपथ लेते केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा

मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने भी जगत प्रकाश नड़डा के नामांकन भरने पर ख्रशी जताई विधानसभा में आंकड़ों को देखते हुए जगत प्रकाश नड्डा का चुना जाना तय है

महिला दिवस आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है इस मौके प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी ने महिलाओं को बधाई दी है इघर प्रदेश में भी अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस मौके कहा कि हर क्षेत्र में महिला नेतृत्व व उनके आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता है उन्होंने कहा कि सशक्त स्त्री केंद्रों के माध्यम से महिलाओं को कानूनी सहायता दी जाएगी जयराम ठाकुर ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल देते हुए कहा शिक्षित महिलाएं पीढ़ियों को पढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करती हैं

सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल शिमला नगर निगम की महापौर कुसुम सदरेट हिमाचल सहकारी बैंक के अध्यक्ष खुशीराम बालनाटाह और राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डेजी ठाकुर सहित अनेक गणमान्य लोग इस मौके मौजूद रहे

केंद्रीय मंत्रिमंडल की कल नई दिल्ली में हुई एक बैठक में इस फैसले पर मोहर लगाई गई

उन्होंने कहा कि इससे लोगों को बेहतर सुविधा मिल सकेगी और माता चिंतपूर्णी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्वालुओं को भी फायदा होगा अनुराग ठाकुर ने अपने संसदीय क्षेत्र में रेल व सड़क विस्तार की प्रतिबद्धता जताई प्रसारण मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विधानसभा में कल अगले वित्त वर्ष का बजट पेश करेंगे इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी शिमला के प्राईमरी चैनल व एफएम के अलावा आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों से भी किया जाएगा

सत्ती भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कांग्रेस पार्टी को जनता द्वारा दिए जनादेश का सम्मान करना सीखने और सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निमाने की सलाह दी है एक बयान में उन्होंने कहा कि लोगों ने भाजपा को जनादेश दिया है और जनता के हित में जो भी जरूरी फैसला होगा सरकार उस पर अवश्य विचार करेगी